एक दिन के विशेष सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई

विधानसभा विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में आज संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन का अनुसमर्थन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाने का यह प्रस्ताव करीब दो घंटे की चर्चा के बाद पारित हुआ संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन के अनुसमर्थन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को पर्याप्त अवसर दिलाने की दिशा में यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्रों के हाथों बेचे जाने से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमाल कौशिक ने कहा कि संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन के अनुसमर्थन प्रस्ताव को सर्वसम्मिति से पारित कराना भाजपा का भी लक्ष्य है क्योंकि सभी वर्गो में समानता का भाव लाना है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के लिए समुचित ढंग से प्रयास किया जाना चाहिए जिससे उन्हें पर्याप्त अवसर मिल सकें संविधान के एक सौ छब्बीसवें संशोधन के अनुसमर्थन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया इससे पहले आज विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र की शुरूआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से हुई लेकिन भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण और इस पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हई चर्चा का बहिष्कार किया राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने थोड़े समय में ही अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली से जो गौरवशाली परम्पराएं स्थापित की हैं वह इस विधानसभा के इतिहास में सुनहरे पन्ने के रूप में दर्ज हो गई हैं राज्यपाल ने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में पूरे मनोयोग से अपना योगदान करेंगे इस अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए वर्ष में विधानसभा सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से करने की परंपरा रही है हमने इसका पालन किया है उन्होंने कहा कि विपक्ष को बहिर्गमन करने का अधिकार है लेकिन यह स्वस्थ परम्परा नहीं है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि एन पी आर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा

एनपीआर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है इसकी प्रक्रिया मकानों की सूची बनाने के साथ ही असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इस वर्ष अप्रैल और सितम्बर में की जाएगी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया पहले ही पूरी होने के कारण असम को इससे बाहर रखा गया है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एनपीआर के लिए तीन हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ रुपए मंजूर किए हैं मधुर गुड़ योजना प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जगदलपुर में आयोजित समारोह में मधुर गुड़ योजना का श्भारंभ किया इस मौके पर श्री भगत ने कहा कि मधुर गुड़ योजना से बस्तर संभाग के छह लाख से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सत्रह रुपए प्रतिकिलो की दर से दो किलो गुड़ हर महीने दिया जाएगा इसे योजना को लागू करने में हर साल पचास करोड़ रूपए खर्च होंगे उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में पन्द्रह हजार आठ सौ टन गुड़ वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा खाद्य मंत्री ने इस अवसर पर मध्र गुड़ तथा मलेरिया मुक्त बस्तर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने इस अवसर पर हितग्राहियों को मधुर गुड़ और एपीएल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड भी वितरित किए इस अवसर पर मौजूद बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि महिलाएं और बच्चों में कुपोषण दूर होने से परिवार और समाज मजबूत होगा और इससे मजबूत छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद थे

इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष का पहला मन की बात कार्यक्रम अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण दिन छब्बीस जनवरी को हो रहा है उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

इसके साथ ही लोग नमो एप ओपन फोरम या माई जीओवी फोरम पर भी अपने विचार दे सकते हैं सुझाव पच्चीस जनवरी तक भेजे जा सकते हैं इसके अलावा एक नौ दो दो नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक पर भी सीधे सुझाव भेजे जा सकेंगे

परीक्षा पे चर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस कार्यक्रम में बातचीत के लिए उत्सुक हैं यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में बीस जनवरी को आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री परीक्षा में तनावमुक्त रहने के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव तैयारी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयक्त ठाक्र राम सिंह ने सभी जिला कलेक्टरॉ और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने को कहा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान शत प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने की खातिर सभी मतदान केन्द्रों में सेल्फी जोन बनाया जाएगा

इसी कड़ी में नई दिल्ली से आए किडनी रोग विशेषज्ञों ने सुपेबेड़ा जाकर वहां किडनी रोग के कारणों का अध्ययन किया इसके बाद इन विशेषज्ञों ने रायपुर में डीकेएस अस्पताल एम्स और निजी अस्पतालों के किडनी विशेषज्ञों से मिलकर इस बीमारी के स्थाई इलाज और बचाव के उपायों पर चर्चा की शराब जब्त छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की शराब अवैध रूप से बेचे जाने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक डीएमअवस्थी ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं श्री अवस्थी ने रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा को तिल्दा में हरियाणा और मध्यप्रदेश की शराब बेचे जाने संबंधी खबर की जांच करने और चौबीस घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है उधर जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिले में पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान करीब चालीस लाख रूपये की अवैध शराब जब्त की है पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है माओवादी आगजनी बीजापुर जिले में माओवादियों ने आज तीन वाहनों में आग लगा दी यह घटना जिले के गुदमा क्षेत्र के आरामगी गांव की है यह इलाका कुटरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है मिली जानकारी के अनुसार ये सभी वाहन लोक निर्माण विभाग के थे और इस क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे केन्द्रीय सचिव समीक्षा केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की संयुक्त सचिव और आकांक्षी जिला बस्तर की प्रभारी ऋचा शर्मा ने आज जगदलपुर में जिले के कार्यो की समीक्षा की उन्होंने कृषि शिक्षा सिंचाई और स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में पर्याप्त विकास किया जाए तो जिले की स्थिति बेहतर हो सकती है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव रिमिजियुस एक्का को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का नया सचिव बनाया गया है गृह विभाग ने महासमुंद जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर को संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है वहीं डी रविशंकर को अब सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है धमतरी जिले के रावा में धान खरीदी को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया जशपूर जिले में विश्व पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आगामी उन्नीस जनवरी को सघन पल्प पोलियो अभियान का आयोजन कर एक लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी दुर्ग जिले में कुटुम्ब न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ताओं की अनश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही